मुख्यमंत्री पर हुये पथराव को लेकर बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित

राज्य स्तरीय समारोह भोपाल में

कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये

कटनी जिले के स्लीमनाबाद को तहसील बनाया जायेगा वहीं निर्माण कार्य करने वाली पंचायतों से रॉयल्टी नहीं ली जायेगी खनिज नीति में भी संशोधन किया गया है इसके अलावा पत्रकारों को पांच फीसदी ब्याज दर पर होमलोन मिलेगा साथ ही मुख्यमंत्री पर हुये पथराव को लेकर बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया सड़क सुरक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल से प्रदेशव्यापी यातायात जागरुकता और सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियम पालन अभियान की शुरूआत की श्री चौहान आज रोशनपुरा चौराहा पहुंचे और अभियान का औपचारिक शुभारंभ करने के बाद उन्होंने चौराहे पर खड़े होकर उन सभी मोटर सायकल सवार नागरिकों का सम्मान किया जिन्होंने हेलमेट लगाया था और उसी तरह सीट बेल्ट लगाने वाले कार चालकों को भी सम्मानित किया उन्होंने हेलमेट नहीं पहनने वाले और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार चालकों को समझाइश दी और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया धारा आदेश अनुसूचित जाति जनजाति कानून में संसद द्वारा किये गये संशोधन के विरोध में सवर्ण वर्ग के लोग प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसके चलते राज्य में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिये गये हैं

यह आदेश आज से सात सितंबर की दोपहर तक प्रभावशील रहेगा इसी तरह सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेश का आदान प्रदान पर रोक रहेगी जिससे किसी भी धर्म संप्रदाय जाति विशेष की भावना आहत हो वहीं उज्जैन भिंड विदिशा समेत कई जिलों में संभावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुये सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं मातृत्व वंदना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को सरकारी सहायता मिलती है जिससे जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य बेहतर हो बड़वानी के सेगांव की गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है गरीब परिवारों से आने वाली इन महिलाओं को इस योजना से बेहद लाभ मिल रहा है गांव की मधुबाला ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान उन्होंने इस योजना के तहत भिलने वाली राशि से पौष्टिक भोजन लिया जिससे वे और उनका शिशु स्वस्थ और तंदुरुस्त है

इसके लिये एक साझा कार्यक्रम तैयार किया गया है महिला बाल विकास विभाग स्वास्थ्य विभाग कृषि विभाग उद्यानिकी विभाग पंचायत विकास विभाग जन अभियान परिषद आजीविका मिशन के साथ समाजिक क्षेत्र में काम करने वाले स्वयं सेवी संगठनों को मिलाकर एक ग्रूप तैयार किया गया है जो कुपोषण मिटाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा सितम्बर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रुप में मनाया जा रहा है इस दौरान स्थानीय स्तर पर सहज सुलभ और सस्ती पोषक खाद्य सामग्री रोजमर्रा के भोजन में शामिल करने के लिये लोगो को प्रेरित किया जा रहा है

इस मौके पर शिक्षकों का सम्मान किया जायेगा

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी राज्यपाल कार्यक्रम में इस वर्ष के राज्य स्तर पर चयनित शिक्षकों को सम्मानित करेंगी कार्यक्रम में पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत प्रदेश के शिक्षकों का सम्मान भी किया जायेगा सीएम भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांच से सात सितम्बर तक नर्मदा घाटी के अंतर्गत नौ सिंचाई योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री कल खंडवा जिले के जावर और पुनासा में सात हजार पैंतीस करोड़ से अधिक रूपये की विभिन्न सिंचाई परियोजना का शुभारंभ करेंगे तुलनात्मक रूप से कम समय और कम लागत में पूरी होने वाली इन माइक्रो लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से दो लाख पचास हजार सात सौ इक्यासी हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र को लाभ होगा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने घाटी में सिंचाई विस्तार के लिये बांध जलाशय और नहरों के निर्माण की परम्परागत प्रक्रिया का नया और कारगर विकल्प माईक्रो लिफ्ट सिंचाई के रूप में विकसित किया है इसके अंतर्गत पूर्व निर्मित बांध जलाशयों नहरों और नर्मदा से जल ले जाकर घाटी के ऐसे अंचलों में पहुंचाया जायेगा जहां नहर सिंचाई संभव नही है

रेल मंत्रालय ने गुगल के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है अब यहां यात्रियों को निःशुल्क इंटरनेट प्रदान करने के लिये सभी प्लेटफार्म पर वाई फाई सिस्टम लगाये गये हैं इसका सबसे अधिक फायदा यह है कि यात्री मोबाइल फोन के जरिए किसी भी ट्रेन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं बैरक शिवपुरी जिले में विशेष सशस्त्र पुलिस बल परिसर में बनी दो मंजिला बैरक भारी बारिश के दौरान गिर गई इस बैरक में रुकी हुई पुलिस कंपनी दो दिन पहले ही यहां से अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हुई थी इसके चलते हादसे में जनहानि होने से बच गई शिवपुरी पुलिस ने आज बताया कि बैरक गिरने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके स्थल का निरीक्षण किया वहीं पुरानी शिवपुरी क्षेत्र में कल दोपहर बाद भारी बारिश के चलते एक पुराना मकान भी गिर गया जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है शिवपूरी में पिछले पांच दिन से भारी बारिश हो रही है

मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का दौर जारी है

हमारे नीमच संवाददाता ने बताया कि जिले में अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं वहीं देवास जिले में भी रूक रूककर बारिश हो रही है

इस मौके पर दूध तलाई स्थित गोगा देवा मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी रहा